सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुबाणी का डिजिटल संस्करण किया जारी देश के विश्वसनीय समाचार माध्यम के रूप में की आकाशवाणी की सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर में मेट्रो का किया शिलान्यास कहा छः और शहरो में शुरू की जायेगी मेट्रो सेवा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल लखनऊ से सरकारी विभागों राजकीय आवासों और महानगरों में स्मार्ट प्रीपैड मीटर लगाने के अभियान की की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को अत्यंत लाभदायक बताया है उन्होंने कहा है कि इसमें ब्रिक्स नेताओं को सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने नवाचार टेक्नोलाजी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण वार्ता का मौका मिला एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य में उभर कर आने वाले विषयों पर ध्यान केंद्रीत करने से आपसी सहयोग बढ़ेगा जिससे सभी देशों के लोगों को फायदा होगा इससे पहले ब्राजीलिया में ब्रिक्स व्यापार परिषद को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और न्यू डेवलपमेंट बैंक से आपदाओं के प्रति संबेदनशील बुनियादी ढांचा कायम करने के उद्देश्य से गठित वैश्विक गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स व्यापार परिषद के बीच हुआ समझौता दोनों संस्थाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय शाखा भारत में जल्द खोले जाने का आग्रह करते हए वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में बहपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक के दौरान श्री बिरला सदन के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांगेंगे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी रविवार को ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है सत्र से एक दिन पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है संसद का शीतकालीन सत्र् तेरह दिसम्बर तक चलेगा केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम उन्नीस सौ सत्ताईस में संशोधन के लिए तैयार मसौदे को वापस लेने का फैसला किया है ताकि जनजातीय लोगों और वनवासियों के अधिकार छीने जाने के बारे में किसी भी तरह की आशंका को दूर किया जा सके नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार जनजातीय लोगों और वनवासियों को और अधिक अधिकार देने के लिए प्रतिबद्व है आदिवासी कानून बदलने कासरकार का कोई भी इरादा नहीं है अभी

इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्ज्न मुंडा ने कहा कि सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर वन अधिनियम से संबंधित संशोधन का मसौदा वापस लिया है उन्होंने कहा इस कदम से जनजातीय लोगों और वनवासियों को काफी फायदा होगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल शाम नई दिल्ली में आकाशवाणी के नये रंग भवन सभागार का उद्घाटन किया श्री जावड़ेकर ने प्रसार भारती संग्रहालय से संकलित गुरबानी और शबद कीर्तन का डिजीटल संस्करण भी जारी किया उन्होंने देश के सबसे विश्वसनीय समाचार माध्यम के रूप में आकाशवाणी की प्रशंसा की आकाशवाणी जैसा विश्वसनीयदूसरा कुछ भी नहीं है और आकाशवाणी ही है जो सब जगह पहुंचता है प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी जी हैं जिन्होंने आकाशवाणी के विश्वसनीयता को समझकर जनता तक पहुंचने का औरश्मन की बातश करने के लिए आकाशवाणी का उपयोग करने का निर्णय लिया ये उनकी दूरदृष्टीऔर नेतृत्व का कमाल है एक अदभूत पहुंच जिसकी है वो आकाशवाणी है इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सुर्यप्रकाश मंत्रालय में सचिव अमित खरे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि और सदस्य राजीव सिंह भी उपस्थित रहे गुरूनानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के विदेश प्रसारण प्रभाग ने शबद कीर्तन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया कृषि मंत्रालय इस महीने की अट्ठारह से इक्कीस तारीख तक नई दिल्ली में कृषि सांख्यिकी पर आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने बताया कि सम्मेलन का उदघाटन क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे और मुख्य अतिथि श्री बिल गेट्स होंगे सम्मेलन का विषय है सततविकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि सुधार के लिए सांख्यिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर में आई आई टी के मुख्य द्वार पर कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित जनसमा को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द कानपुर में भी मेट्रो दौड़ेगी उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिये मेट्रो रेल से बेहतर कोई विकल्प नही हो सकता मेट्रो आज की सवारी है लेकिन यह हमें सौ वर्षों का विजन देती है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा है कि लखनऊ और कानपुर के बाद शीघ्र ही छः और शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू की जायेगी जिन शहरों में यह सेवा शुरू होनी है उनमें आगरा मेरठ प्रयागराज वाराणसी झांसी और गोरखपुर शामिल हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अर्बन मोबिलिटी इण्डिया कॉन्फ्रेंस एण्ड एक्सपो के उदघाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शहरी जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में यह कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण साबित होगी आयोजन को सम्बोधित करते हुये केन्फ्रीय आवासन एवं शहरी राज्य मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा कि मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्वर मंहगा होने के कारण अब मेट्रो लाइट सेवा को विकल्प के रूप में लाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्त वर्ष के लिये धान खरीद के निर्धारित पचास लाख मीट्रिक टन लक्ष्य को समय से पूरा करने के साथ किसानों के खाते में तीन दिनों के अन्दर धनराशि भेजने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार किसानों की समृद्वि और खुशहाली के लिये सभी आवश्यक कदम उठा रही है उन्होंने निर्देश दिये कि किसानों से धान क्रय के बाद धान का मूल्य उनके खाते में बहत्तर घंटे के अन्दर ऑन लाइन भेज दिया जाये प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल अपने सरकारी आवास पर प्रीपैड मीटर लगाकर सरकारी विभागों राजकीय आवासों और महानगरों में स्मार्ट प्रीपैड मीटर लगाने के अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि बिजली बिल के नियमित भ्गतान से ही सबको सुलभ और सस्ती बिजली उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि सबको पर्याप्त निर्बाघ तथा सस्ती बिजली मिले यह सरकार का संकल्प है उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपैड मीटर गरीब के घर में सस्ती बिजली पहुंचाने का रास्ता है श्री शर्मा ने सभी सांसदों विधायकों जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से अपने घर पर स्मार्ट प्रीपैड मीटर लगाकर लोगों को जागरूक करने का आहवान किया नई प्रणाली से उपभोक्ता ऑन लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट यूपीपीसीएल ऑन लाइन डॉट काम या स्मार्ट कंज्यूमर एप की मदद से अपनी खपत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

वे चौवन वर्ष के थे उन्होंने उन्नीस सौ अट्ठासी में इलाहाबाद केन्द्र से अपनी सेवाएं शुरू की थीं वह अपने पीछे मॉ पत्नी और अबोघ शिशु को छोड़ गये हैं उनका अंतिम संस्कार आज प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर किया जायेगा

अब पर्यटक चूका पिकनिक स्पॉट सहित जंगल की सैर कर सकेंगे जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने फीता काटकर पर्यटन सत्र का शुभारम्म किया

सभी कृद्वाश्रमों की ऑनलाइन मानिटरिंग भी की जायेगी यह जानकारी प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कल लखनऊ में संवाददातओं से बातचीत के दौरान दी सामूहिक विवाह योजना की चर्चा करते हुये श्री शास्त्री ने कहा कि इस योजना के तहत इस बार लक्ष्य से अधिक विवाह हुये हैं उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने लक्ष्य से अधिक सामूहिक विवाह कराये हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा